देशभर में आज महावीर जयंती श्रद्वा और उल्लास से मनाई जा रही है इंडियन नैशनल लोकदल यानि इनैलो ने हरियाणा की छ लोकसभा सीटों के लिये उम्मीदवारों के नाम घोषित किए भारत और पाकिस्तान ने प्रस्तावित करतारप्र गलियारे के निर्माण के तेज़ी से पूरा करने सम्बधी विभिन्न पहल्ओं पर चर्चा की

एक टिवीटर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रशासन स्थिति की समीक्षा कर रहा है और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक और म्मकिन सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी प्रधानमंत्रीने बे मौसम वर्षा और तूफान से पीडि़्तों को प्रति संवेदना भी व्यक्त की

भगवान महावीर के अन्यायी ये दिन प्रार्थना करके प्रसाद बांटकर और रथयात्रा निकालकर मनाते है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने इस अवसरर देश वासियों को बधाई दी अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर के शांति और अहिंसा के संदेश ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्व बनाया है उन्होंने कहा कि इस पावन मौके पर लोगों को देश और द्वनिया भर में सदभावना लाने के लिये प्रण लेना चाहिए उप राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर के सत्य अहिंसा और दयालूता के संदेश ने सर्दव धर्म और ईमानदारी का रास्ता दिखाया है श्री नायड् ने कहा कि उनकी शिक्षायें सम्पूर्ण विश्व के लिये प्रेरणादायक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महावीर जयंती के श्भ अवसर पर देश वासियों को बधाई दी श्री मोदी ने कहा कि भगवान महावीर ऐसी परम्परा के प्रकाश स्तम्भ है जिनके अन्करणीय शिक्षण ने सदैव शांति सदभावना भाईचारे और अहिंसा का मार्ग दिखाया है उन्होंने प्रार्थना की कि भगभान महावीर का आर्शीवाद सभी देश वासियों पर बना रहे उधर पंजाब और हरिायणा के विभिन्न हिस्सों से महावीर जयंती के हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिले है

प्रदेश मे कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में मदद करने के लिये सीमा स्रक्षाबल की तीन कंपनियां पहले ही हरियाणा पहंच च्की है व दो और कंपनियो अतिशीघ्र आ जायेगी केन्द्रीय सशस्त्र प्लिस बलों की शेष कंपनियां पांचवे चरण के मतदान के बाद हरियाणा मे च्नाव की कमान सम्भालेगी इसके अलावा होर्ड और विशेष प्लिस अधिकारियों सहित राज्य प्लिस बल के तीस हजार से अधिक व बीस हजार प्र्व सैनिक च्नाव प्रक्रिया के दौरान बेहतर कानून व्यवस्था स्निश्चित करने के लिये च्नाव डयूटी पर तैनात रहेंगे

श्री रंजन ने चंडीगढ़ में बताया कि क्छ ऐसे मतदाताओं के लिए विशेष सरप्राइज का भी प्रावधान किया जाएगा उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता अपने अड़ोस पड़ोस के अन्य मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें उन्होंने कहा कि हरियाणा के ऐसे मतदाताओं के लिए ये गर्व की बात है कि उनका जन्मदिवस ऐसे दिन पड़ रहा है जिस दिन लाखों करोडों लोग लाइन में लगकर लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में भाग लेंगे

उन्होंने बताया कि मतदान के बाद उंगली पर स्याही का निशान के साथ सेल्फी लेकर ऐसे मतदाता अपना जन्मदिन को यादगार बना सकते हैं

उन्होंने बताया कि अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार अरूण क्मार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जबकि रोहतक से पंजीकृत पार्टी सोशलिसट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जय किशन ने दो नामांकन पत्र जमा किये इसी प्रकार ग्रूग्राम से पंजीकृत पार्टी दक्ष पार्टी के उम्मीदवार जय कंवर त्यागी ने नामांकन दाखिल किया फरीदाबाद से पंजीकृत पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी के उम्मीदवार दीपक गॉड तथा एक निर्दलीय उम्मीदवार संजय मौर्य ने नामांकन पत्र दाखिल किये

चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में इनेलो नेता अभय चौटाला ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंबाला से रामपाल वाल्मिकी करनाल से धर्मबीर पा ा सिरसा से चरणजीत सिंह रोधी को उम्मीदवार घोषित किया गया है जबकि फरीदाबाद से महेन्द्र चौहान हिसार से स्रेश कौथ सेनीपत से स्रेन्द्र छिकारा को चूनाव मैदान में उतारा गया है पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने कहा कि रोहतक ग्रुग्राम भिवानी महेन्द्रग और क्रुक्षेत्र से भी उम्मीदवारों का ऐलान दो दिन बाद किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन सीटों के लिए नामो पर दौबारा विचार किया जा रहा है

आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के एक प्रश्न के उत्तर में चौटाला ने कहा ये गठबंधन केवल ओम प्रकाश चौटाला को सलाखों के पीछे रखने के लिए किया गया है भारत और पाकिस्तान ने प्रस्तावित करतारपुर गलियारे के निर्माण कार्य को जल्द प्रा करने बारे विभिन्न पहल्ओं पर चर्चा के लिये कल एक बैठक की गौरतलब है कि इस गलियारे का निर्माण पंजाब के जिला ग्रदासप्र सिथत डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान के नारोवाल स्थित दरबार साहिब ग्रूदवारे के बीच किया जायेगा सुत्रों के अनुसार इस बैठक के प्रस्ताव भारत दवारा रखा गया जिस पर पाकिस्तान ने अपनी सहमति दी बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है बैठक में दोनों देशों के विशेषज्ञों और तकनीशियनों ने निर्माण कार्य के अलग अलग पहल्ञों पर विचार विमर्श किया

हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन व हरियाणा के अन्य स्थानों सहित पंजाब के प्रम्ख स्थानों रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी का एक पत्र मिलने पर प्ररे हरियाणा को अलर्ट किया गया है हरियाणा के प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अप्रैल माह में भी हरियाणा के अंबाला व पंजाब के सरहिंद व पटियाला रेलवे स्टेशन उड़ाने की एक धमकी मिली थी जांच के बाद जिस व्यक्ति ने यह फ़ोन किया था उसे भिवानी से गिरफ्तार कर लिया गया था इस व्यक्ति का किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था उसने सिर्फ स्रक्षा बलों को परेशान करने के लिए धमकी दी थी प्लिस महानिदेशक ने बताया कि दो दिन पहले भी पंजाब और हरियाणा के कई प्रम्ख स्थानों व रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और उसकी भी जांच चल रही है उन्होंने कहा कि हर धमकी को सच मानकर जांच की जाती है उन्होंने कहा कि इस मामले की तह तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता है ताकि प्रदेश वासियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके

फतेहाबाद के गांव दरियाप्र के समीप कल स्बह करीब ाई बजे भीषण सड़क हादसा ह्आ हादसा हाइवे किनारे खड़े ट्रक मे बोलेरो गाड़ी की भीषण टक्कर होने से हआ फतेहाबाद क सदर थाना से जांच अधिकारी शादी राम ने बताया कि हादसे मे दो बच्चों सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को फतेहाबाद के अग्रोहा मेडिकल कालेज में भर्ती करवाया गया है